बैठक में राज्य के मंत्रियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया बैठक में सुरक्षा विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में मुख्य रूप से चर्चा की गई मुख्यमंत्री ने बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि कानून व्यवस्था बनाये रखना राज्य सरकार की पहली प्राथमिता है और इसके लिए पुलिस प्रशासन को चुस्त किया जाएगा

केन्द्रीय मंत्री ने जल को भविष्य का सबसे बडा संकट बताया और कहा कि इस संकट का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए पानी के संरक्षण पर ध्यान देना होगा

अगले महीने की पांच तारीख को केन्द्रीय बजट प्रस्तुत किया जायेगा

एक सरकारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि इसके लिए एक योजना बना ली गई है जिससे नई प्रणाली को अपनाना आसान हो जायेगा जीएसटी की वेबसाइट पर इसका ऑफलाइन फार्म जारी कर दिया गया है

उन्होंने इस दौरान अधिकारियों को वर्तमान में चल रहे मेट्रो कार्यो में तेजी लाने के निर्देश दिए उन्होंने बताया कि मेट्रो लाईन का चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक का काम शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा

आधिकारिक सुत्रों के अनुसार अस्थाई अध्यक्ष के रूप में श्री कुमार लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता करेंगे और नव निर्वाचित सांसदों को पद की शपथ दिलाएंगे वह लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की निगरानी भी करेंगे श्री कुमार टीकमगढ़ से लोकसभा चुनाव जीतकर सातवीं बार संसद के सदस्य बने हैं

वायुसेना ने आज एक ट्वीट में ये जानकारी दी

वायुसेना की ओर से बताया गया कि विमान में सवार लोगों के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की जा रही है

सभी मृतकों का आज अंतिम संस्कार कर दिया गया

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हादसे की सूचना के बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए मृतकों के शव जल्द से जल्द लाने के लिए जिला प्रशासन को निर्देश दिये

श्री चांदना ने आज जयपुर पिंकसिटी क्लब में प्रेस से मिलिये कार्यक्रम में कहा कि नई खेल नीति में खिलाडियों को दी जा रही प्रोत्साहन राशि सहित अन्य सुविधाओं को बढाया जायेगा

हनुमानगढ़ पुलिस े अधीक्षक कालूराम रावत ने बताया कि तीन दिन की इस प्रतियोगिता का उद्घाटन श्रीगंगानगर पुलिस अधीक्षक हेमंत शर्मा ने किया

दूसरी तरफ केसरीपुर थाना क्षेत्र में सडक पार कर रही एक बच्ची की रोडवेज बस की चपेट में आ जाने से मौत हो गई